इसी तरह जबलपुर में छह भोपाल दो और ग्वालियर तथा शिवपुरी में अब तक एक एक मरीज भिल चुकें हैं वही उज्जैन निवासी कोरोना पीडित एक ब्रजुर्ग महिला ने कल इंदौर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था उज्जैन के ही एक और संदिग्ध की आज इंदौर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई हालांकि मृतक की जांच रिपोर्ट आना बाकी है इधर भोपाल में एक पत्रकार के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद जिला प्रशासन ने उनके संपर्क में आये सभी पत्रकारों से सेल्फ क्वारनटीन होने को कहा है

सभी जिलों में कफ्यू जैसी स्थिति है डिण्डौरी में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर आठ वाहनों को जब्त किया गया है पन्ना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल की तुलना में आज कम लोग बाहर निकल रहे है शहर में प्रशासन द्वारा जरूरी सामानों की होम डिलेवरी शुरू कर दी गई है मण्डला कलेक्टर ने जिले के सभी धार्मिक स्थलों में लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है

उधर नीमच में व्यवस्था में बदलाव करते हुए सब्जी के ठेले मोहल्लों में भेजे जा रहे हैं आगर मालवा जिले में भी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए एक से अधिक स्थानों पर सब्जी मंडी लगाने के निर्देश दिये गये हैं शिवपूरी सतना और अनूपपूर में दूध और सब्जी विकेताओं ने घर घर जाकर जरूरी सामान मुहैया करा दिया है ताकि लोग घरो से ने निकलें खंडवा सीहोरकटनी और मंदसौर जिले में मेडीकल स्टोर संचालकों को निर्धारित मूल्य पर ही दवायें उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है मूरैना सहित लगभग समी जिलों में खाद्य सामग्री एवं दवाओं की कालाबाजारी रोकने के मद्देनजर कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं वहीं उज्जैन प्रलिस अधीक्षक अमरेन्द्र सिंह ने कहा है कि सोशल मीडिया पर अगर कोई अफवाहें फैलाता है उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी सिवनी श्योपुर रतलाम धार बैतूल रायसेन सागर अशोकनगर छिंदवाड़ा और होशंगाबाद सहित सभी जिलों में लोगों को लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करने के निर्देश दिये गये हैं असहाय भोजन लॉकडाउन के दौरान बेसहारा और निर्धनों की मदद के लिए कई लोग सामने आ रहे हैं राजधानी भोपाल में ऐसे लोग अपने घरों से भोजन बनाकर सुबह शाम जरूरतमंदों को बांट रहे हैं भोपाल नगर निगम और जिला प्रशासन ने भी असहायों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक लोगों और सामाजिक संस्थाओं से दीनदयाल रसोई में भोजन देने की अपील की है उधर शिवप्री में भी ॅसमाजसेवी संस्थाओं द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल और अन्य कर्मचारियों को चाय वितरित की जा रही है अनूपपुर में भी कलेक्टर ने बेसहारा लोगों को भोजन की व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं मौसम राजधानी भोपाल में कल शाम हुई बारिश के बाद आज सुबह से ही बादल छाये हुए हैं मौसम विभाग के अनुसार इंदौर उज्जैन होशंगाबाद भोपाल ग्वालियर एवं चंबल संभागों के जिलों के अलावा टीकमगढ़ सागर दमोह नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा जिले में आज कही कहीं हल्की वर्षा या तेज हवाओं के चलने अथवा गरज चमक के साथ बौछारे पड़ सकती है

उधर अनूपपुर जिले के अमरकटक में भी लोगों से मंदिर के बजाय घरों में ही पूजा करने की अपील की गई है